वे कल शिमला में आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए मंडी कुल्लू और बिलासपुर ज़िलों के विधायकों की प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोनाओं के शिलान्यास किए जा चुके हैं उनका कार्य बिना किसी देरी के शुरू किया जाना चाहिए

इस दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्र की अपेक्षाओं व समस्याओं से अवगत करवाया

वनमंत्री वार्षिक जल पक्षी गणना के परिणामों के अनुसार प्रदेश में प्रवासी और आवासी जल पक्षियों के आवास में सुधार हुआ है वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावी और समय पर किए गए हस्तक्षेप के कारण ये संभव हो पाया है

इस वर्ष पक्षियों की कुल संख्या और गिने गए प्रजातियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम है लेकिन पौंग डैम झील में निरंतर किए गए उपायों के परिणामस्वरूप पक्षियों की कुल संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने विधायक प्राथमिकता की बैठक में मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है हमने तीन साल में कांग्रेस से बेहतर काम करके दिखाया

हिमाचल दस्तक के अनुसार वार्षिक योजना खत्म होने के बाद पहली बार आउटले हुआ तय आपका फैसला के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विधायकों की प्राथमिका बैठक को संबोधित किया प्रदेश के नगर निगमों में अब ओबीसी को भी मिलेगा आरक्षण शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट किया जा रहा है तैयार अजीत समाचार की एक खबर है कॉलेजों में ऑड इवन सिस्टम लागू सोशल डिस्टेंस का रखना होगा ख्याल

नमस्कार